वैज्ञानिक लैंडर से संपर्क की कोशिश में जुटे

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख के सिवन ने कहा है कि ऑर्बिटर के जरिए चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की लोकेशन का पता चला है उन्होंने कहा कि ऑर्बिटर ने लैंडर की थर्मल तस्वीरें भेजी हैं लेकिन अभी किसी भी तरह का संपर्क नहीं हुआ है श्री सिवन ने कहा कि वैज्ञानिक लैंडर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही सम्पर्क स्थापित कर लिया जाएगा गौरतलब है कि शनिवार तड़के चंद्रयान टू मिशन के दौरान आखिरी वक्त में लैंडर विक्रम से इसरो का संपर्क टूट गया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की सफलता ने हजारों युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत की है यह अपने आप में एक बड़ी बात है उन्होंने जानी मानी हस्तियों के ट्वीट संदेश पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि कठिन परिश्रम और कार्य के प्रति समर्पण की बदौलत इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में महारत हासिल की है श्री मोदी ने कहा कि यह भविष्य में भी नई सफलताओं के मानदंड कायम करता रहेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि इसरो और चैंपियन खिलाडियों के जीवन में विफलता जैसी कोई चीज नहीं होती और वे अपने हर अनुभव से सीखते हैं इधर अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रव पर पहुंचने के भारत के प्रयास की सराहना की है नासा ने कहा कि इस मिशन से उसे प्रेरणा मिली है और भविष्य में वह इसरो के साथ मिलकर सौर प्रणाली के अन्वेषण के लिए उत्सुक है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले सौ दिनों में जम्मू कश्मीर और आर्थिक मामलों सहित अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं श्री जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि इससे पहले किसी भी सरकार ने इतने कम समय में महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिये थे

उन्होंने कहा कि पिछले सौ दिनों के दौरान राष्ट्र हित में लिये गये फैसलों से भारत विश्व पटल पर एक सशक्त राष्ट्र बनकर उभरा है

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय उनके माध्यम से ऋणों का विस्तार और दस खरब रुपए से अधिक की ढांचागत परियोजनाओं को अंतिम रूप देना आदि ऐसे कुछ निर्णय है जो देश को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था को हासिल करने की ओर ले जाएंगे श्री जावड़ेकर ने कहा कि सभी के लिए आवास जल जीवन मिशन आयुष्मान भारत किसानों की आमदनी दोगुनी करना उज्जवला योजना और तीन तलाक को गैरकानूनी करार देना इस सरकार के कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के सभी छह करोड़ सैंतीस लाख किसानों के लिए लागू होगी केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नए मोटर वाहन अधिनियम में अधिक जुर्माने के प्रावधान का उद्देश्य लोगों में यातायात नियमों के पालन की आदत विकसित करना है श्री गडकरी ने कल नागपुर में कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ही जुर्माना लगाया जा रहा है उन्होंने कहा कि लोग सड़क सुरक्षा के नियमों को गंभीरता से नहीं लेते और कुछ रकम देकर बच निकलने के आदी हो गए हैं श्री गडकरी ने कहा कि यह रवैया समाप्त करने के लिए कड़े नियम बनाना जरूरी था पटना प्रमंडल के आयुक्त आनंद किशोर ने केन्द्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे की निजी गाड़ी को जांच के लिए नहीं रोकने पर दो यातायात पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है इधर सड़कों पर वाहन जांच के दौरान सांसद रामकृपाल यादव के बेटे से भी मोटर वाहन कानून के उल्लंघन में जूर्माना वसूल किया गया जाने माने वकील और राज्यसभा सदस्य राम जेठमलानी का आज सुबह नई दिल्ली में निधन हो गया वे पंचानवे वर्ष के थे और कुछ दिनों से बीमार थे राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत प्रदेश के कई नेताओं ने भी उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की है राज्य के डेंटल कॉलेजों में खाली सीटों में नामांकन के लिए सेकेण्ड राउंड की मॉपअप काउंसिलिग के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख कल तक बढ़ा दी गयी है मेधा सूची का प्रकाशन दस सितंबर को किया जायेगा वहीं ऑफलाइन काउंसिलिग बारह सितंबर को होगी बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट यूजी का कट ऑफ भी दस प्रतिशत कम कर दिया है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट के लिए आवेदन की तारीख घोषित कर दी है इच्छुक अभ्यर्थी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट परीक्षा के लिए कल से नौ अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं परीक्षा का प्रवेश पत्र नौ नवंबर को जारी किया जाएगा देश भर के इक्यानवे शहरों में दो से छह दिसंबर तक नेट की परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने बताया है कि पटना समेत राज्य के छह जिलों में एक सौ अड़सठ करोड़ की लागत से सड़क निर्माण की सात योजनाओं को जल्द ही पूरा किया जाएगा श्री यादव ने कहा कि इस के तहत पटना दरभंगा गया औरंगाबाद वैशाली और जहानाबाद में छिहत्तर किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा उन्होंने कहा कि इन योजनाओं को छह से अठारह महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रारंभिक परीक्षा दो हजार उन्नीस बीस और राष्ट्रीय आय सह मेघा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन की तारीख सोलह सितंबर तक बढ़ा दी गयी है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी के संयुक्त निदेशक प्रशासन अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि विभिन्न जिलों में निबंधन में आ रही परेशानी को देखते हुए आवेदन की तारीख बढ़ाई गयी है समस्तीपुर के मंडल रेल प्रबंधक अशोक महेश्वरी ने कहा है कि समस्तीपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या छह और सात पर जल्द ही यात्रियों को एस्केलेटर की सुविधा मिलने लगेगी पूर्व केन्द्रीय मंत्री और सांसद राधामोहन सिंह ने आज मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र में सांसद निधि से लगाये गये सीसीटीवी कैमरे का उद्घाटन किया सारण के सिविल सर्जन डॉक्टर माधवेश्वर झा ने कहा है कि पटना हाई कोर्ट के आदेश पर जिले में अवैध रूप से चल रहे इकहत्तर जांच केन्द्रों लैबोरेट्री और कलेक्शन सेंटर को सील कर दिया गया है मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के पिल्खी चौर स्थित एक शराब माफिया के ठिकाने पर छापेमारी कर पुलिस ने एक सौ छियासठ कार्टन विदेशी शराब के साथ एक पिस्तौल और एक सौ से अधिक कारतूस बरामद किये हैं शेखप्रा के जिला कृषि पदाधिकारी लालवचन राम ने बताया है कि सुखाड़ से प्रभावित जिले के सभी प्रखंड के किसानों को वैकल्पिक फसल की खेती के लिए कुर्थी और मक्का का बीज उपलब्ध करा दिया गया है बेगूसराय जिले के मटिहानी स्थित रामदीरी से पुलिस ने कुख्यात अपराधी विवेक कुमार को उसके तीन साथियों के साथ गिरफ्तार किया है भाजपा सांसद रवि किशन ने आज मुजफ्फरपुर में कहा कि बिहार में भोजपुरी फिल्म को उद्योग के रूप में अपनाने की घोषणा से भोजपुरी फिल्म को बहुत लाभ मिलेगा अररिया के जिलाधिकारी वैद्यनाथ यादव और पुलिस अधीक्षक धूरत सायली ने आज संयुक्त रूप से मोहर्रम के अवसर पर विधि व्यवस्था को लेकर बैठक की भागलपुर जिले के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस ने जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन में छापेमारी कर पांच बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है

वैज्ञानिक लैंडर से संपर्क की कोशिश में जुटे